केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि वे इस दौरान शिन्कुला दर्रे में निर्माणाधीन वैकल्पिक मार्ग का हवाई निरीक्षण भी करेंगे इस मौके केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष राम राव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे प्रतिनिधिमंडल मनाली होटलियर ऐसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कल मनाली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला

मुख्यमंत्री ने संघ की जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया लोकसमा दूरदर्शन केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश का लोक सेवा प्रसारक होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम जनहित के मुद्दों पर आधारित होते हैं लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि दूरदर्शन के कार्यक्रमो की तुलना निजी चैनलों से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रारूप अलग अलग होते हैं उन्होंने कहा कि हालांकि द्रदर्शन लोगों की पसंद का चैनल बनने के लिए असरदार और अर्थपूर्ण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है मणिकर्ण में बादल फटा प्रल सड़के साफ

जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है जुलाई में जल का तांडव पंजाब केसरी की एक खबर है इंडियन टैक्नोमेक घोटाले में डीजीएम गिरफतार दैनिक जागरण का कहना है अब टैक्नोमेक कंपनी का डीजीएम गिरफतार

अमर उजाला के अनुसार सी एंड वी शिक्षकों का अब पांच साल बाद दूसरे जिले में हो सकेगा तबादला इसी पत्र की एक अन्य खबर है पंचायतों में पांच लाख से ज्यादा की खरीद के लिए होंगे ई टैंडर

आपका फैसला की एक खबर है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी आज मनाली में रोहतांग सुरंग का करेंगे निरीक्षण

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है वीर सपूतों के बलिदान के कारण हम सुरक्षित चौपाल में कार दुर्घटना की खबर भी लगभग सभी अखबारो में प्रमुखता लिए हुए हैं हिमाचल दस्तक की सुर्खी है नेरवा में आल्टो खाई में गिरी तीन की मौत

मसालची की नौकरी के लिए खेलों में राष्ट्रीय पदक विजेता को वरीयता शीर्षक से अमर उजाला लिखता है पंचायती राज विभाग में भर्ती के लिए गजब नियम

संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर हर व्यक्ति को पेयजल को दूषित होने से बचाना होगा शीर्षक है नदी में कचरा